ये विभिन्न राज्यों जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित हो सकते है डॉ जितेन्द्र सिंह आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की स्वास्थ्य सेवा परिषद हेल्थकेयर काउंसिल द्वारा आयोजित भारत स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दो हजार अट्ठारह को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि वैसे तो बड़े शहरों में निजी क्षेत्र के अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की भरमार होने से वहां अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों की गुंजाइश नहीं रहती है इसलिए लाभप्रद निजी या प्राइवेट प्रेक्टिस की दृष्टि से भी निजी क्षेत्र के डॉक्टरों के लिए यही अच्छा रहेगा कि वे ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों की ओर उन्मुख हो जाएं

उन्होंने कहा पे बेक टू सोसायटी के तहत सेना अधिकारी राज्य की विभिन्न स्कूलों और कालेजो का दौरा कर छात्रों से संवाद करते है और उनमें राष्ट्रवाद सकारत्मकता और जीवन का लक्ष्यों तय करने को प्रोत्साहित करते है कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने पांच हजार आठ सौ सड़सठ छात्रों को डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान किया जिनमें ईक्यावन गोल्ड मेडेलिस्ट भी शामिल है कार्यक्रम के दौरान इग्नो के उप कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव भी उपस्थित थे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए पुर्वोत्तर क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति और गोरखा अभ्यार्थियों की लंबाई के मानक में संशोधन का निर्णय लिया है सरकार ने उपनिरीक्षक पद के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और गोरखा पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबाई की सीमा एक सौ सत्तावन सेंटिमीटर तय की है पहले यह सीमा एक सौ पैसठ सेंटीमीटर थी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में बताया कि इस छूट से पूर्वोत्तर क्षेत्र के और गोरखा युवाओं को बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रोजगार मिल सकेगा सिपाही के पदों के उम्मीदवारों की लंबाई एक सौ बासठ दशमलव पांच सेंटीमीटर से घटाकर एक सौ सत्तावन सेंटीमीटर कर दी गई है सांसद निनोंग इरिंग ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से निगलक इंडास्ट्रियल साइट तक रेलवे पटरियों को बिछाने का काम शुरु करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की अपील की है केंद्रीय रेल मंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि असम के मूर्कोंग सेलेक से पासीघाट के डूरलूंग और निगलक तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने कल तवांग में जिला सचिवालय भवन कि आधारशिला रखी श्री खाण्डू ने कहा राज्य मंत्रिमंडल ने सभी जिलों में मिनि सेक्रेट्रीएट निर्माण को मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि सचिवालय के निर्माण के लिए निधि को भी मंजूरी दे दी गई है श्री खाण्ड्र ने ये भी कहा कि सचिवालय भवन के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पड़ने वाली अतिरिक्त निधि भी इसी वर्ष जारी कि जाएगी मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय स्क्रिनिंग कमिटि की बैठक में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत लागू की जा रही योजनाओं की समीक्षा की कार्यक्रम के तहत मॉडल गांव जैसे परियोजनाओं के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा प्रत्येक मॉडल गांव में स्वास्थ्यशिक्षा सड़कों बिजली और पेयजल आपूर्ति सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु परिप्रेक्ष योजना होनी चाहिए उन्होंने कहा इन क्षेत्रों में टिकाऊ जीवन सुनिश्चित करने के लिए आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उन्होंने उपयोग प्रमाण पत्र समय पर जमा करने को कहा श्री अरविंद सक्सेना ने संघ लोक सेवा आयोगयू पी एस सी के नये अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है